मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता के दूसरे चरण में नौ लाख आठ हजार से अधिक श्रमिकों को नब्बे करोड़ अट्ठासी लाख रुपये की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की कहा सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाम पहुंचाने के लिए प्रतिबद्द केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा भारत प्रति दस लाख आबादी पर कोविड रोगियों की सबसे कम संख्या और सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन से रिकॉर्ड चौंतीस हजार छः सौ दो लोग ठीक हुए प्रदेश में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या सैंतीस हजार सात सौ बारह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जांच क्षमता में निरन्तर वृद्वि करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन एक लाख नमूनों की जांच की कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जाए लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि रैपिड एन्टीजन विधि से तीस लाख से अधिक की आबादी वाले जनपदों में दो हजार टेस्ट प्रतिदिन और इससे कम जनसंख्या वाले जिलों में कम से कम एक हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं उन्होंने प्रदेश में आरटीपीसीआर विधि से पैंतीस हजार टेस्ट प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ गाजियाबाद कानपुर नगर वाराणसी गोरखपुर प्रयागराज और बलिया में विशेष सतर्कता बरतते हुए घर घर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य सघन रूप से करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आवश्यकतानुसार निजी चिकित्सालयों को कोविड अस्पतालों में परिवर्तित करने के सम्बंध में जरूरी कदम उठाए मुख्यमंत्री ने कन्टेनमेंट जोन में व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए एनसीसी कैडेटों तथा सिविल डिफॅस के लोगों की सेवाएं लेने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति परिवार एक हजार रूपए की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया आर्थिक सहायता के दूसरे चरण में कुल नौ लाख आठ हजार आठ सौ पचपन श्रमिकों को नबे करोड़ अट्ठासी लाख रुपये की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की गयी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को अवश्य मिले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश कोविड नाइन्टीन महामारी से लड़ रहा है इस आपदा से गरीबों और आमजन को कोई समस्या न हो इसके लिए प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की है इस पैकेज के तहत गरीबों को आगामी नवम्बर तक निशुत्क खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी तीन महीने तक प्रत्येक लामार्थी को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में स्किल्ड लोगों को उद्योगों में समायोजित किया गया है इस समय पचास लाख से अधिक लोग उद्योगों में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कल आपदा पूर्व चेतावनी तथा राहत प्रबन्धन के लिये वेब बेस्ड एप्लीकेशन्स इन्टीग्रेटेड अर्ली वानिंग सिस्टम तथा ऑनलाइन बाढ़ कार्य योजना मॉड्यूल एवं आपदा प्रहरी ऐप का लोकार्पण भी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से आपदा से होने वाली जनहानि को रोका जा सकता है प्रदेश में बीती रात दस बजे से पचपन घंटों के लिए विमिन्न प्रतिबन्ध लागू हो गए हैं सोमवार सुबह पांच बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य में आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी सभी कार्यालय बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन जारी रहेगा और बैंक खुले रहेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को वृहद स्तर पर संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं केन्द्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन को देखते हुए पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह मौके के अनुरूप आयोजित किया जाना चाहिए हालांकि राज्यों जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अनुमति न दें इसमें कहा गया है कि लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि अब मरीजों के ठीक होने की दर तिरसठ दशमलव चार पांच प्रतिशत और मृत्यु दर दो दशमलव तीन प्रतिशत है शंघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में कल डॉक्टर हर्पवर्धन ने कहा कि देश में पहले व्यक्तिगत सुरक्षा कवर पीपीई किट का एक भी निर्माता नहीं था लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही देश ने इसके निर्माण की क्षमता हासिल कर ली उन्होंने कहा कि देश अब उत्कृष्ट पीपीई का निर्यात कर सकता है अन्य स्वदेशी उपकरणों की क्षमता हासिल कर उनका उत्पादन भी बढ़ाया गया है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने निगरानी और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार सहित सभी आवश्यक कदम समय से उठाये हैं स्वास्थ्य मंत्री ने पारम्परिक भारतीय चिकित्सा पद्वति पर बल देते हुए कहा कि कोविड नाइन्टीन के दौरान इसने जनसंख्या की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है देश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड नाइन्टीन से रिकॉर्ड चौंतीस हजार छः सौ दो लोग ठीक हुए हैं देश में महामारी के बाद एक दिन में ठीक होने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अब आठ लाख सत्रह हजार दो सौ नौ हो गई है पिछले चौबीस घंटों में देश भर में कोविड नाइन्टीन के उन्चास हजार तीन सौ दस नये मामलों का पता चला है जिससे देश में इस महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बारह लाख सत्तासी हजार नौ सौ पैंतालीस हो गयी है लेकिन इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या चार लाख चालीस हजार एक सौ पैंतीस है एक दिन में सात सौ चालीस लोगों की मौत हुई है देशमर में मरने वालों का आंकड़ा तीस हजार छ सौ एक हो गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार सात सौ बारह नए मामले सामने आए हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि राज्य में अब तक सैंतीस हजार सात सौ बारह लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है जबकि क्ल इक्कीस हजार सात सौ ग्यारह मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से अब तक एक हजार तीन सौ अड़तालीस लोगों की मृत्यु हुई है उधर राज्य में एक दिन पूर्व पचास हजार छः सौ सत्तानबे कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल सत्रह लाख पांच हजार तीन सौ अड़तालीस नमूनों की जांच की जा चुकी है कानपुर नगर में संजीत यादव अपहरण और हत्या मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बर्रा थाना के पूर्व प्रमारी निरीक्षक रणजीत राय और चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को निलश्वित कर दिया गया वहीं इस मामले में शासन द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर दक्षिण श्रीमती अर्पणा गुप्ता और तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मनोज गुप्ता को भी निलम्बित किया गया है इस मामले में अपहरण की घटना में फिरौती के लिये पैसे दिये गये थे या नहीं इसके संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय लखनऊ वीपी जोग दंड को कानपुर पहुंचकर जांच करने के निर्देश दिये गये हैं गौरतलब है कि संजीत यादव की लगभग एक माह पूर्व अपहरण हुआ था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा और विभिन्न बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की रिथति पैदा हो गई है बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज बलिया के तुर्तीपार और अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बस्ती जिले में कल सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से बीस सेंटीमीटर ऊपर चला गया नदी का कटान होने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर घटने का क्रम जारी है